विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गजे नेताओं ने आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अपने प्रत्याशियों के समथन में जमकर चुनाव प्रचार किया

वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी नड़डा नें लखनऊ में विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लिया

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर देश का विकास करना है तो वंशवाद खत्म करना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शामली में एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बाड्रा क साथ कल बिजनौर और शामली में एक रैली को सम्बोधित करेंगे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती का मेरठ और गौतमबुद्धनगर में जनसभाओं को सम्बोधित करने का कार्यक्रम है

पार्टी ने झांर्सी से वर्तमान सांसद उमा भारती के स्थान पर अनुराग शर्मा को टिकट दिया है फूलपुर लोकसभा सीट से कोशरी देवी पटेल पार्टी की उम्मीदवार होंगी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्च ने दो हजार चौदह के लोकसभा चूनाव में यह सीट जीती थीं

वहीं लालगंज लोकसभा सुरक्षित सीट से मौजूदा सांसद नीलम सोनकर को पार्टी ने फिर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है प्रदेश में निघासन विधान सभा सीट के उपचुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया हैं पार्टी ने भाजपा विधायक रहे स्वर्गीय राम कुमार वर्मा के पुत्र शशांक वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है रामकुमार वर्मा के निधन र्स खाली हुई इसे सीट पर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में खीरी लोकसभा सीट के चुनाव के साथ ही उपचुनाव भी होगा इस सीट पर उन्तीस अप्रैल को वोट डाले जायें गे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल केन्द्रीय चुनाव आयोग के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में येह जानकारी दी उन्होंन बताया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर तथा मतदाता सहयोगी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये

इस चरण में दाखिल किये गये दो सौ सात नामांकन पत्रों में से पछत्तर नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया था तीसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख कल है इस चरण में मुरादाबाद रामपुर सम्भल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायू आंवला बरेली पीलीभीत जिले में तेईस े अप्रैल को मतदान होगा तीसरे चरण में दस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक करोड़ छियत्तर लाख मतदाता हैं जिनमें पनचान्नबे लाख पचास हजार पुरूष मतदाता अस्सी लाख नौ हजार महिला मतदाता तथा नौ सा तिरासी थर्ड जेन्डर के मतदाता हैं इन क्षेत्रों में चुनाव के लिए बारह हजार एक सौ अठ्ठाइस मतदान केन्द्र तथा बीस हजार एक सौ दस मतदेय स्थल बनाये गये हैं

नई दिल्ली में कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बाड्रा की उपस्थित में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की बसपा सरकार में मंत्री रहे आरके चौधरी ने दो हजार सत्रह के विधान सभा चुनाव से पहले बसपा छोड़ दी थी इसके बाद उन्होंने बीएस फोर नाम से एक मोर्चो का गठन किया था श्री चौधरी दिसम्बर दो हजार अठठारहे में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये थे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

देवबंद में गठबन्धन की पहली रैली को सम्बोधित करते हुए मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की किसी भी कोशिश को जनता नकार देगी मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गरीबों के प्रति प्रेम सिर्फ एक नाटक है मायावती ने कहा कि इस बार भाजपा की कोई जूमलेबाजी काम नहीं आयेगी और वह इस चुनाव के बाद सत्ता से बाहर होगी देश में लोकसभा के लिए आम चुनाव में बीजेपी की केन्द्र में इनकी सरकार की शुरू से ही चल रही आर एस एस पृजीवादी संकीर्ण साम्प्रदायिक द्वेषपूर्ण और जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से जरूरे बाहर चली जायेगी और इस चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जूमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं हैं मायावती ने कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया और कहा कि हम कांग्रेस की तरह लोगों से झूठा वायदा नहीं करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अन्तर नहीं है गठबन्धन की रैली को सम्बोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जिस गठबन्धन को मिलावटी गठबन्धन बता रही है वह महापरिवर्तन का गठबन्धन है उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से किया कोई भी वादा पूरा नहीं किया श्री यादव ने कहा कि जीएसटी से सिर्फ बड़े व्यापारियों को लाभ हुंआ है गठबन्धन की रैली को राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने भी सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि संविधान लोगों को सरकार बदलने की ताकत देता है यह चुनाव देश का भविष्य तय करेगा रैली में चौधरी अजित सिंह के साथ उनके पुत्र जयंत चौधरी भी मौजूद थे

मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकता आयोग ने कहा कि मतदान से ठीक पहले इस तरह के विज्ञापन समूची चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं

बस्ती गोरखपूर महाराजगंज और बहराइच जिलों में सबसे ज्यादा अॅसर हआ है जहां सौ से डेढ सौ ग्राम वजन के ओलों से पशुओं इमारतों और फसल को भारी नुकसान पहुंचा है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट राज्य के पश्चिमी मध्य और तराई के कई जिलों में कल रात से ही मौसम बदल गया बारिश के साथ तेज हवाओ और कई जगहो पर ओले गिरने की वजह से खेतों में तैयार फसल को काफी नुकसान पहुंचा है